ग्राम पंचायत के सीमा के भीतर बिजली खपत पर दो प्रतिशत कर लगाया गया

मंत्रिमंडल ने हरियाणा ग्रुप सी कर्मचारी विधेयक के प्रारूप को मंजुरी दे दी है

बार बार हाथ धोना मास्क और दो गज की द्री अभी भी है जरूरी कोरोना उचित व्यवहार का पालन करे यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है

गांव की सीमा में केन्द्र सरकार या रेलवे द्वारा की गई बिजली की खपत पर ये कर नहीं लगेगा कर का संग्रहण बिजली निगमों दवारा किया जायेगा और इसे संम्बधित ग्राम पंचायतों को जमा करवाया जायेगा

नीति में वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले अवसरों का लाभ उठाने और राज्य में औद्योगिक विकास को आत्मनिर्भर भारत मिशन जैसी राष्ट्रीय पहल के साथ संरेखित करने की परिकल्पना की गई है इस नीति में आपूर्ति श्रृंखला विद्युत गतिशीलता कृषि तकनीक ग्रीन मैन्यूफैक्चरिंग जलवाय् परिवर्तन स्वास्थ्य एवं फार्मा और विकास के लिए अन्य नए अवसरों में उभरती प्रवृतियों का ध्यान भी रखा गया है

हरियाणा मंत्रिमंडल ने सहायक अतिरिक्त सहायक आयुक्तों और उममीदवारों को हरियाणा में अतिरिक्त सहायक आयुक्तो के पदों के लिए विभागीय परीक्ष के नियमों एक और नौ में संशोधन को मंजूरी दे दी है नियम एक के तहत सहायक आय्क्तो अतिरिक्त सहायक आय्क्तों की एक विभागीय परीक्षा और अतिरिक्त सहायक आयुक्तो के पद में उम्मीदवार हेत् एक साल में तीन बार अप्रैल ज्लाई और नवंबर के महीनों में परीक्ष करवाई जायेगी

मंत्रिमंडल ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में रीज़नल रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दिल्ली पानीपत कोरिडोर के क्रियान्व्यन को मंजूरी दी है

ये परियोजना भीड़ भाड़ वाले स्थानों में लोगों के कृशल एवं प्रभावी आवागमन को सक्षम बनायेंगी इसके अलावा मंत्रिमंडल ने एकल खिड़ी मंच के माध्यम से भूमि उपयोग परिवर्तन यानि सीएलयू की स्वीकृत प्रदान करके सीएसजी पाइप्ड नेच्रल गैस स्टेशनों और पैट्रोल पंपों के रिटले आऊटलेट स्थापित करने की नीति में संशोधन करने का निर्णय लिया है

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा में कारोबार की सहलियत की योजना को लागू करने और आम जनता की स्विधा के लिए इन नियमों के तहत प्रदान की जा रही सेवाओं को ऑन लाइन करने के लिए इन नियमों में संशोधन किये गये है

फरीदाबाद नगर परिवहन सेवा लिमिटेड दवारा राज्य परिवहन उपक्रम के रूप में संचालित की जाने वाली सिटी बस सेवाओं के लिए फरीदाबाद महानगरीय विकास प्राधिकरण अब क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री दवारा इस संबंध में घोषणा के एक प्रस्ताव को स्वीकृति देने के बाद लिया गया

कृतज्ञ राष्ट्र ने आज पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चौधरी चरण सिंह जीवनभर गांवों और किसानों के विकास के प्रति समर्पित रहे उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान किसानों के फायदे की अनेक नीतियां शुरू कीं उनकी जयंती पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चौधरी चरण सिंह की प्रेरणा से ही किसानों के हित में अनेक कदम उठा रहे हैं और किसी भी सूरत में उनका अहित नहीं होने देंगे

उधर हरियाणा के पलवल में आज किसान दिवस का आयोजन किया गया इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिह की प्रतिमा पर पृष्प अर्पित किये

अम्बाला में भी किसान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गयाफ सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय और क्षेत्रीय आऊट चीज ब्यूरो की ओर से कृषि कानूनों और आत्मनिर्भर कृषि विषय पर एक वेबीनार करवाया गया सुचना व प्रसारण मंत्रालय के चंडीगढ़ क्षेत्र की अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती देवप्रीत सिंह ने वेबीनार को सम्बोधित करते हये कहा कि नये कानून फसल विविधता और अच्छे दामों के लिए किसानों की मद करेंगे उन्होंने वेबीनार में शामिल प्रतिनिधियों को बताया कि कृषि कानूनों के बारे में किसानों को भ्रमित किया जा रहा है और गलत धारणायें पैदा की जा रही है